इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक दो सालों में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी की पोषक कमियों को दूर करने के उपाय किये जा सकें यह योजना उपज बढ़ाकर किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करती है और साथ ही टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा देती है

अब हमारा लक्ष्य देश को दुनिया के सर्वोच्च तीन में लाना है

उन्होंने कहा कि यदि देश का युवा ठान ले तो वह खूद के साथ देश की उन्नति और प्रगति के रास्ते खोल सकता है

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नगरे निगम भोपाल इंदौर और जबलपुर में संभागीय आयुक्तों को प्रशासक नियुक्त किया गया है वहीं दतिया जिले की नगर परिषद बड़ोनीखुर्द दमोह जिले की नगर परिषद पटेरा होशंगाबाद जिले की नगर परिषद वनखेड़ी और विदिशा जिले की नगर परिषद शमशाबाद में तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिये कलेक्टर को अधिकृत किया गया है संजीवनी क्लीनिक स्वास्थ्य मंत्री तूलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिकों का अधिकार है उनके इस अधिकार यानि स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र में कल संजीवनी क्लीनिक का उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने यह बात कही

चिकित्सा मंत्री ने कल ही दो अन्य संजीवनी क्लिनिकों का शुभारंभ जूना रिसाला और गांधी नगर में किया एनीमिया खंडवा खून की कमी दूर करने के लिए देश भर में चलाये जा रहे एनिमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में खंडवा जिले को प्रदेश में पहला स्थान मिला है

एक भारत श्रेष्ठ भारत ग्वालियर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश और उसके जोड़ीदार राज्य मणिपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि इन्दौर ने सफाई के मामले में देश में एक नजीर पेश की है श्री मोदी ने मैदानी स्तर पर सफाई व्यवस्था देखने के बाद कचरा निपटान के लिए शुरु की गई छंटाई व्यवस्था की भी जमकर तारीफ की

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं